एक दिन में रिकॉर्ड चार हजार इकहत्तर नये मामलों की प्रष्टि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है नेपाल के तराई क्षेत्रों और प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे से हो रही लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति और गम्भीर हो सकती है राज्य में सोलह जिलों के एक सौ छब्बीस प्रखंडों की एक हजार दो सौ साठ पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं पचहत्तर लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है प्रभावित क्षेत्रों से पांच लाख से अधिक लोगों को अब तक स्रक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैंतीस कंपनियां लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं दरभंगा जिले में बीस लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि कल से जिले में लगातार बारिश हो रही है

वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में सड़क सम्पर्क भंग हो जाने के कारण आपूर्ति बाधित होने से लोगों को खाने पीने की चीजों के अलावा आवश्यक वस्तुओं की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है

पश्चिम चम्पारण जिले में झंड्रटोला स्थित एसएसबी के सीमा चौकी में फिर से पानी प्रवेश कर गया है वाल्मीकिनगर टाईगर रिजर्व के कई क्षेत्रों में बाढ़ का पानी फैल गया है इधर वाल्मीकिनगर गंडक बराज से दो लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है इसके बाद गंडक किनारे बसे सारण प्रमंडल के जिलों में बाढ़ की स्थिति और गम्भीर हो गयी है सारण जिले में मढौरा प्रखंड स्थित राज्य खाद्य निगम के गोदाम में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है वहीं गोपालगंज जिले में सत्तर गांव जलमग्न है सारण गोपालगंज और सीवान जिले में कुल मिलाकर तेरह लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है इधर सुपौल जिले में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण नदी के पूर्वी तटबंध पर पानी का दबाव बढ़ गया है समस्तीपुर जिले के सिंघिया बिथान शिवाजीनगर और कल्याणपुर प्रखंड में बाढ़ की रिथति जस की तस बनी हुई है जिले में दलसिंहसराय प्रखंड के दर्जनों गांवों में बलान नदी का बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है बड़ी संख्या में लोगों को पलायन करना पड़ा है घरों के पानी में डूब जाने से बाढ़ पीड़ितों को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अट्ठाईस पर आश्रय लेना पड़ा है कटिहार जिले में महानंदा गंगा कोसी और बरंडी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है प्रदेश में कल से अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है पटना और आस पास के जिलों में बारिश से जगह जगह भीषण जल जमाव की रिथति उत्पन्न हो गयी है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है वहीं पश्चिम चम्पारण पूर्वी चम्पारण सीवान सारण और गोपालगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है इस दौरान वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड उन्नीस मरीजों की अधिक संख्या वाले राज्यों से जांच बढ़ाने और संक्रमितों का पता लगाने पर जोर दिया है श्री मोदी ने बिहार गुजरात उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों में विशेष रूप से जांच बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया जहां जांच की दर कम है और संक्रमण की दर अधिक है प्रधानमंत्री वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये बिहार सहित दस राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे थे बैठक के बाद श्री मोदी ने कहा कि जिन राज्यों से कोविड संक्रमण के अधिक मामले सामने आ रहे हैं वहां जांच की संख्या बढाने की जरुरत है

जिनमें से ज्यादातर मामले हमारे इन दस राज्योंमें ही हैं इसलिए ये आवश्यकता लगी कि इन दस राज्यों के एक साथ बैठकर के हम समीक्षाकरें चर्चा करें और उनकी जो बेस्ट प्रेक्टिसेज है उन्होंने किस किस प्रकार के नयेइनिशिएटिव लिये हैं वे सबके ध्यान में आए क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयासकर ही रहा है और आज की इस चर्चा से हमें एक दूसरे के अनुभवों से काफी कुछ सीखने समझने को मिला है प्रधानमंत्री ने कहा कि संक्रमित व्यक्तियों के सम्पर्क में आए लोगों का पता लगाना तथा नियंत्रण और निगरानी कोविड उन्नीस महामारी से निपटने के सबसे प्रभावशाली उपाय हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि विशेषज्ञ अब कह रहे हैं कि यदि संक्रमण होने के बहत्तर घंटे के अन्दर पहचान कर ली जाए तो उसे काफी हद तक कम किया जा सकता है इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक के दौरान कहा कि बिहार में कोविड उन्नीस की जांच की क्षमता बढ़ाकर प्रतिदिन एक लाख की जायेगी उन्होंने केंद्र सरकार से आर टी पीसीआर जांच की संख्या बढाने का अनुरोध किया देश में कोविड उन्नीस की स्थिति की निगरानी के लिए बनाये गये आरोग्य सेतु एप को अब तक पन्द्रह करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है लोगों के अत्यधिक समर्थन के कारण यह दुनियाभर में सबसे अधिक डाउनलोड होने वाला एप बन गया है सरकार के समर्थन से तैयार किये गये इस एप ने शुरू होने के तीन महीने के अन्दर ही यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली वहीं सर्वाधिक डाउनलोड किये जाने वाले एप में दूसरे नम्बर पर तुर्की का और तीसरे नम्बर पर जर्मनी का एप है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड चार हजार इकहत्तर नये मामले सामने आये हैं एक दिन में सामने आये मामलों की यह सबसे अधिक संख्या है संक्रमितों की संख्या बढ़कर छियासी हजार आठ सौ बारह हो गयी है सबसे अधिक पांच सौ बावन नये मामले पटना से दर्ज किये गये हैं बेगूसराय से दो सौ पच्चीस पूर्वी चंपारण से दो सौ आठ भागलपुर से एक सौ पंचानवे गया से एक सौ बहत्तर कटिहार से एक सौ चौंसठ बक्सर से एक सौ बासठ मध्रबनी से एक सौ तैंतालीस मुजफ्फरपुर से एक सौ चौबीस अररिया से एक सौ तेईस और रोहतास से एक सौ इक्कीस मामले सामने आये हैं इसके अलावा पूर्णिया से एक सौ उन्नीस समस्तीपुर से एक सौ सत्रह पश्चिम चंपारण से एक सौ बारह सारण से एक सौ छह और वैशाली से एक सौ तीन मामले पॉजिटिव पाये गये हैं अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं राज्य में हर दिन होने वाली कोविड जांच की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है पिछले चौबीस घंटों में तिरासी हजार तीन सौ चौदह नमूनों की जांच की गयी राज्य में अब तक ग्यारह लाख अस्सी हजार पांच सौ छियासठ नमूनों की जांच हो चुकी है एक दिन में दो हजार नौ सौ रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी अब तक संतावन हजार उनतालीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर छियासठ प्रतिशत है वहीं पिछले चौबीस घंटे में पन्द्रह लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर चार सौ पैंसठ हो गया है इधर राज्य में पटना संक्रमण के मामले में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है जिले में अब तक मिले संक्रमितों की संख्या बढ़कर चौदह हजार चार सौ छियालीस हो गयी है वहीं पटना जिले में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर नब्बे हो गयी है आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मेदांता अस्पताल के मानसिक स्वास्थ्य विभाग के सलाहकार डॉक्टर सौरभ मेहरोत्रा ने कहा कि लोगों को अपनी सोच में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किताबें पढ़ने के साथ साथ संगीत की गतिविधियों से जुड़ना चाहिए डॉक्टर मेहरोत्रा ने कहा कि लोगों को कोविड उन्नीस के बारे में भ्रामक खबरों से घबराना नहीं चाहिए बाईट हम अपने आपको ड्यूरिंग द डे पॉजिटिव एडिक्शन जिसको बोलते हैं उसमें इंगेज करें जैसे राइटिंग रिडिंग क्रिएटिव आर्टस सच एज ड्राइंग पेंटिंग गार्डनिंग इस तरीके की चीजेंदीज ऑल क्वालिफाइड पॉजिटिव एडिक्शन म्यूजिक ये सब पॉजिटिव एडिक्शनहैं ये स्ट्रेस रिडियूज करने में हमारा बहुत मदद करते हैं

श्री पासवान ने कहा कि चौबीस मार्च से ग्यारह अगस्त तक एफसीआई ने बिहार को सत्ताईस लाख छब्बीस हजार मीट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध कराया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बिहार के आठ करोड़ इकहत्तर लाख लाभार्थियों के लिए इस वर्ष जुलाई से नवम्बर की अवधि के लिए लगभग बाईस लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का आवंटन किया गया है यह खाद्यान्न बिहार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के दूसरे चरण के तहत दिया जा रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी दो हजार उन्नीस की पुनर्परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है परीक्षा का आयोजन नौ सितम्बर से इक्कीस सितम्बर तक किया जायेगा बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा ऑनलाईन होगी और पच्चीस अगस्त को प्रवेश पत्र जारी कर दिया जायेगा प्रवेश पत्र में परीक्षा की तारीख समय केन्द्र का नाम विषय समेत सभी जानकारियां अंकित रहेंगी गौरतलब है कि पिछले वर्ष अट्ठाईस जनवरी को आयोजित एसटीईटी परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली की शिकायत के बाद परीक्षा रद्द कर दी गयी थी चौहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विशेष रिपोर्ट की श्रृंखला में आज प्रस्तुत है शहरी विकास संबंधी कई योजनाओं की जानकारी बाईट प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अमृत और स्मार्ट सिटीज मिशन जैसी योजनाएं न केवल देश के शहरी परिदृश्य को बदलरही हैं बल्कि नागरिकों के जीवन को भी आसान बना रही हैं

वहीं अमृत योजना का उद्देश्य जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ जल निकासी नेटवर्क और परिवहनप्रणाली में सुधार लाना है

आनंद कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और अन्य की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय ने रिया चक्रवर्ती सुशांत के पिता के के सिंह केंद्र सरकार बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है शीर्ष अदालत इस बात को लेकर फैसला सुनाएगा कि बिहार में दायर मुकदमे को महाराष्ट्र स्थानांतरित किया जाये या नहीं और मामले में सीबीआई जांच जारी रहेगी या महाराष्ट्र पुलिस इसका जिम्मा संभालेगी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोरोना वैक्सीन बनाये जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है रूस ने बनाया पहला कोरोना टीका इसी खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर जगह देते हुये लिखा है रूस ने बना ली कोरोना की पहली वैक्सीन दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है अब सब की कोरोना जांच प्रभात खबर ने सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये शीर्षक दिया है पैतृक संपत्ति में बेटों का जितना हक उतना ही बेटियों का भी आज अखबार की सुर्खी है नियमित यात्री ट्रेन सेवाएं अभी रहेंगी निलंबित

एक दिन में रिकॉर्ड चार हजार इकहत्तर नये मामलों की पुष्टि